लाहौल स्पिति जिला की कोलोंग पंचायत भारत नेट परियोजना से जुड़ने वाली पहली पंचायत बन गई है इससे स्थानीय लोग सालभर इंटरनेट की सुविधा से जुड़े रहेंगे और इसके लिए ऑपिटकल फाइबर की जरूरत नहीं रहेंगी राज्य सरकार ने भारत नेट परियोजना के तहत सेटेलाईट आधारित वीसैट लिंक के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट कनैक्टिविटी उपलब्ध करवाना शुरू कर दी है

वीरेन्द्र कवर कल बंगाणा उपमंडल के थानाकला में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों से वंचित सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए आकलन तैयार करें रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने समाज के सभी वर्गो से अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर देश की उन्नति के लिए मिलकर कार्य करने का आहवान किया वे जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गलू में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के स्तरोन्नत समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने स्कूल के वार्षिक समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया राकेश पठानिया विधायक राकेश पठानिया ने नूरपुर में भाषा एवं संस्कृति विभाग और हिमाचल कला संस्कृति व भाषा अकादमी द्वारा आठ नवम्बर तक आयोजित त्रिगर्त कांगड़ा घाटी उत्सव का कल शुभारंभ किया इस मौके पर पठानिया ने कहा कि ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य कांगड़ा घाटी में आने वाले देश विदेश के सैलानियों को यहां की समृद्ध संस्कृति और इतिहास से रूबरू करवाना है मौसम प्रदेश के उंचाई वाले क्षेत्रों में कल हल्की बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जिससे ठंड में वृद्धि हुई है लाहौल स्पिति व कुल्लू जिलों की उंची चोटियों पर हल्के हिमपात का समाचार है हालांकि आज प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है मौसम विभाग ने आज व कल उंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सुबे की जनता को दो झटके पैट्रोल डीजल के दाम डेढ़ रूपए बढ़े पंजाब केसरी का शीर्षक है प्रदेश में डीजल और पैट्रोल की नई दरें लागू

दैनिक जागरण ने उच्च न्यायालय के हवाले से खबर दी है मानवाधिकार आयोग लोकायुक्त का गठन न करने पर नोटिस पूछा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी क्यों नहीं हुआ गठन इसी पत्र के अनुसार एडवांस स्टडीज की एक हजार फाइलें व तीन सर्वर हैक

दिव्य हिमाचल ने खबर दी है डमटाल लॉकअप में आरोपी ने लगाया फंदा परिजनों का हंगामा दो पुलिसकर्मी सस्पेंड पंजाब केसरी के शब्द हैं चिट्टे के साथ पकड़े युवक ने लॉकअप में लगाया फंदा दो पुलिसकर्मी सस्पेंड धर्मशाला इन्वेस्टर्स मीट पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है पंडालों की सजावट के लिए लाखों ऐंठ रही इवेंट कंपनी करूणामूलक आधार पर भरे जाएंगे लंबित दो हजार दो सौ पद शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है मुख्य सचिव ने दिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिव्य हिमाचल के मुताबिक करूणामूलक नौकरियां देगी सरकार

नमस्कार